पीएम मतदान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है श्री मोदी ने लोकतंत्र के चार अनुरोध नाम से लिखे ब्लॉग में कहा है कि लोगों को मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण शीघ्र करा लेना चाहिये उन्होंने कहा कि लोग अपना आवेदन बूथ स्तरीय अधिकारी या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एन वी एस पी डॉट आई एन के माध्यम से अथवा चुनाव कार्यालय में भी जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं उन्होंने लोगों से अपने परिवार मित्रों और सहयोगियों से मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है

प्रधानमंत्री ने समाज के सभी वर्ग के लोगो से अनुरोध किया है कि वे मतदाताओं के बीच में जागरूकता पैदा करें मसूद अजहर पाकिस्तान में मौजूद जैश ए मोहम्मद सरगना अजहर मसूद को पूर्ण रूप से वैश्विक आतंकवादी ठहराये जाने की भारत की मांग का अमरीका ने समर्थन किया है अमरीकी विदेश विभाग ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रतिबंध के प्रस्ताव पर चीन का विरोध क्षेत्रीय स्थायित्व और शांति के विपरीत है अमरीका की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मसद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण फैसला करने वाली है अमरीकी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अमरीका और भारत आतंकवाद को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं अब सभी की नजरें चीन पर टिकी हुई हैं गौरतलब है कि अजहर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने में चीन अब तक भारत के प्रयासों में बाधा डालता आ रहा है

समिति अपने सदस्यों के बीच सर्वसम्मति से फैसला लेती है भारत पाक यूएनएचआरसी भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर और देश के अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाने तथा आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की

न्यायालय पुलिस सुधार उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जिन अधिकारियों का कार्यकाल कम से कम छह महीने बचा हो उन्हें पुलिस महानिदेशक डीजीपी पद पर नियुक्त करने के बारे में विचार किया जा सकता है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा डीजीपी के पद के लिए सिफारिश और पैनल बनाया जाना पूरी तौर पर योग्यता के आधार पर होना चाहिए शीर्ष न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की संशोधन याचिका पर यह फैसला सुनाया

च्नाव निगरानी बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिये कल भोपाल में निर्वाचन व्यय निगरानी के नोडल अधिकारियों की बैठक ली श्री राव ने विभिन्न एनफोर्समेंट विभाग को निर्देश दिये कि आचार संहिता के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये और संबंधित जानकारी निर्वाचन कार्यालय को नियमित रूप से दी जाये श्री राव ने पुलिस बल को निर्देश दिये कि उड़नदस्तों की संख्या बढ़ाई जाये सीमावर्ती जिलों में निरन्तर चैकिंग अभियान चलाया जाये पुलिस अमले को चैकिंग के दौरान आमजन औरं महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार के निर्देश दिये जाने की बात कही आयकर विभाग से कहा गया कि प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन यूनिट लगातार सक्रिय रहें और प्रत्येक कार्यवाही की रिपोर्ट भेजें वहीं आयोग ने आबकारी विभाग से सभी जिलों में सख्ती से कार्यवाही कर अवैध शराब तथा नशीले पदार्थो के परिवहन वितरण और विक्रय पर रोक लगाने को कहा

होशंगाबाद जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाता जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसके अंतर्गत आज निःशक्त छात्राओं के लिये पेंटिंग स्पर्धा आयोजित की गई हमारे जबलपुर संवाददाता ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गडबडी को रोकने और मतदाताओं की सुविधा के लिये सुविधा नामक एप विकसित किया गया है उम्मीद्वार इसमें अपना नामांकन ऑन लाइन दाखिल करा सकेंगे

श्री नाथ की ओर से आज भोपाल में जारी विज्ञप्ति में कहा है कि हर समाज और समुदाय अपनी परम्परागत कला और कौशल से अपनी जीविका कमाता है ऐसे में यदि उसे आर्थिक आधार न मिले तो कला और कौशल दोनों खतरे में पड़ जायेंगे श्री कमलनाथ ने कहा कि उनकी सरकार एसे लोगों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बैंड ऐसे हैं जिनकी ख्याति पूरे विश्व में है कला और संस्कृति को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर ही उन्हें जीवंत बनाया जा सकता है मौसम प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है कल शाम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाये रहने के अलावा आमतौर पर मौसम सामान्य रहा मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह से हवा का रूख बदलकर उत्तर पश्चिमी हो जाने के कारण तापमान में यह गिरावट आई है मौसम विभाग के अनुसार आज शाम से अगले दो दिन तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना है

अब कुछ समाचार संक्षेप में मुरैना में कल भाजपा के एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सहित कई नेता उपस्थित हुए

यह जानकारी रोग निगरानी कार्यकम के प्रभारी ने दी शिवपुरी के आर्य समाज रोड़ स्थित थोक सब्जी मंडी में बीती रात आग लग जाने के कारण लगभग दर्जनभर दुकानें जल गई